गूर्जरों के आरक्षण आंदोलन को देखते हुए पूर्वी राजस्थान के अन्य जिलों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है आंदोलनरत गुर्जरों की राजमार्गो को जाम करने की चेतावनी के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है दौसा में आरएसी की दो कंपनियां अलग से तैनात की गई हैं धौलपुर में भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है जयपुर और अजमेर में रेलवे पुलिस फोर्स की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलन कर रहे गुर्जरों से शांति बनाए रखने की अपील की है मुख्यमंत्री ने जालौर में कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर गुर्जरों के हित में सभी कदम उठा चुकी है और अब केन्द्र सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह स्पष्ट किया है कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को नौकरियों और दाखिले में आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी

कांग्रेस तुणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सदस्य नारेबाजी करने लगे जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी के नेतृत्व में जयपुर शहर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश कार्यालय से सिविल फाटक की ओर कूच किया और वहां गिरफतारियां दी इससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है गिरफ्तारी देते समय मीडिया से बातचीत में श्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उस दिशा में अब तक कोई काम नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किसानों को धोखा देने का काम कर रही है प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफफ्तारियां दीं

भाजपा के जेल भरो आंदोलन पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार घोषणा पत्र के वादे पूरे कर रही है और जनता इस आंदोलन को स्वीकार नहीं करेगी

वे आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार पचास करोड़ भारतीयों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रासरुट स्तर तक सरकार की उद्योगों से जुड़ी योजनाओं कार्यक्रमों और गतिविधियों को पहुंचाना है डॉ अग्रवाल ने आज जयपुर में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद कहा कि जिला उद्योग केन्द्रों को राज्य सरकार और क्षेत्र के उद्योगों स्थानीय निवेशकों और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रुप में विकसित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इससे जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं पर फीडबैक सिस्टम भी मजबूत हो सकेगा

वकीलों ने आज अदालती कामकाज का बहिष्कार किया जिससे कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ

वे शनिवार को सड़क मार्ग से सुबह शाहपुरा पहुंचेंगे जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे इसके बाद श्री राठौड़ विराटनगर और आमेर में होने वाले कार्यक्रमों के शिरकत करेंगे श्री राठौड़ रविवार को जमवारामगढ और कोटपूतली में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे

बूंदी के लाखेरी में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई

प्रदेश में कई जगह बारिश होने और ओलावृष्टि से सर्दी फिर बढ़ गई है

राजधानी जयपुर में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है